उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने केन्द्र सरकार से बिहार के लिए विशेष पैकेज के तहत घोषित राशि का आगामी बजट में आवंटन करने का अनुरोध किया है केन्द्रीय वित्त मंत्री के साथ राज्यों के वित्त मंत्रियों की बजट पूर्व हुई बैठक में श्री मोदी ने यह मुद्दा उठाते हुए कौशल विकास कृषि टेलीकम्युनिकेशन डिजीटल बिहार और पर्यटन के क्षेत्र में पर्याप्त राशि के आवंटन की मांग की साथ ही उपमुख्यमंत्री ने जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए पर्यावरण बजट की आवश्यकता पर भी बल दिया अल्पसंख्यक मामलों के केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत किसी भी भारतीय की नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती है नई दिल्ली में अल्पसंख्यक दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम में उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिनियम का उद्देश्य केवल नागरिकता प्रदान करना है नागरिकता समाप्त करना नहीं श्री नकवी ने आम लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने और विभाजनकारी तत्वों से सावधान रहने की अपील की बाईट नकवी समाज के इतने हिस्से को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें हमें परास्त करना है उन्हे शिकस्त देना है और इस काम के लिए अल्पसंख्यक आयोग तो कर ही रहा है ये समाज को भी इस बात को करना होगा आंदोलन में जो बच्चे हैं अमी उनको इश्यू ही नहीं पता है

कि भई हमें तो भगाने वाले हैं इसलिए हम कर रहे हैं कौन तुम्हे भगा देगा और क्यों भगा देगा नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में विभिन्न वाम दलों द्वारा बुलाये गये बिहार बंद का जगह जगह असर देखा जा रहा है बंद समर्थकों ने कई जगहों पर ट्रेनों का परिचालन रोक दिया है साथ ही सड़क परिवहन को बाधित किया गया है प्रदर्शनकारी दुकानों को भी बंद करा रहे हैं बंद को पप्पू यादव के नेतृत्व वाली जन अधिकारी पार्टी और विकासशील इंसाफ पार्टी का भी समर्थन है इधर राज्यव्यापी बंद के मद्देनजर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गयी है पटना के करगिल चौक पर अगले आदेश तक निषेधाज्ञा लागू कर धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गयी है जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि बंद के मद्देनजर जगह जगह दंडाधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गयी है प्रधानमंत्री सूरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत प्रदेश के बारह लाख मछुआरों का बीमा किया जायेगा मत्स्य संसाधन मंत्री प्रेम कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बीमा के एवज में मछुआरों को प्रति वर्ष तीन सौ बयालीस रूपये का प्रीमियम देना होगा उन्होंने बताया कि बीमा कराने वाले मछुआरों की मृत्यु होने की स्थिति में उनके परिजनों को चार लाख रूपये मिलेंगे महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती समारोह की संयोजन समिति की द्रसरी बैठक आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में होगी पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा भी इसमें भाग लेंगे सरकार राष्ट्रपिता के संदेश को प्रचारित करने के लिए उनकी एक सौ पचासवीं जयंती राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मना रही है राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के इक्कीस नगर निकायों के छब्बीस वार्ड में पार्षदों के उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है इसके लिए नौ फरवरी को मतदान होगा नामांकन की प्रक्रिया नौ जनवरी से शुरू होगी उम्मीदवार सत्रह जनवरी तक नामांकन पत्र भर सकेंगे अठारह जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी जबकि बाईस जनवरी तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं मतों की गिनती ग्यारह फरवरी को होगी पटना हाईकोर्ट ने वैशाली जिले के कन्हौली स्थित एक निजी पॉलिटेक्निक पर छात्रों को सीधा दाखिला देने के मामले में तीन करोड़ रूपये का जुर्माना किया है न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह और प्रकाश चन्द्र जायसवाल की खंडपीठ ने नामांकन लेने वाले सभी छह सौ छात्रों की फीस वापस करने के साथ साथ कॉलेज प्रशासन को पचास पचास हजार रूपये मुआवजे की राशि देने का भी निर्देश दिया है राज्य सरकार ने रबी मौसम में अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करने वाले किसानों से किसान पुरस्कार के लिए सत्ताईस जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किये हैं इसके लिए कृषि विभाग या बामेती की वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकेगा कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि राज्य स्तर पर चुने गये पचास हजार किसानों को सम्मानित किया जायेगा उन्होंने बताया कि गेहूं तथा आलू उत्पादन और पशुपालन तथा मत्स्यपालन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले किसान सम्मानित होंगे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से आने वाली बर्फीली हवा के प्रभाव से अगले तीन दिनों तक लोगों को कनकनी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है मौसम विभाग ने कहा है कि ईरान और उसके आस पास पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है जिसका प्रभाव कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से होते हुए बिहार तक पहुंच रहा है पिछले चौबीस घंटों के दौरान दिन के तापमान में छह से नौ डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आयी है पटना में दिन का तापमान सामान्य से नौ डिग्री सेल्सियस नीचे रहा जबकि गया पूर्णिया और भागलपुर में दिन का पारा सामान्य से सात डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया दिन और रात के तापमान में मात्र दो डिग्री का अंतर बना हुआ है विभाग ने कहा है कि आज से पश्चिमी बिहार के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है ठंड को देखते हुए बक्सर और सारण जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में वर्ग एक से पांच तक की कक्षाओं को इक्कीस दिसम्बर तक बंद रखने का निर्देश जारी किया है सीतामढ़ी में इक्कीस तारीख तक वर्ग आठ तक की कक्षाएं स्थगित रहेगी वहीं रोहतास जिले में बाईस दिसम्बर तक आठवीं तक की कक्षाओं को बंद करने का आदेश दिया गया है जिले में नौंवी से बारहवीं तक की कक्षाओं में सुबह साढ़े दस बजे से दोपहर तीन बजे तक पढ़ाई होगी शिक्षा विभाग के निर्देश पर प्रदेश के सभी उच्च विद्यालयों में कल से मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए पांच सप्ताह का क्रैश कोर्स शुरू किया जा रहा है इसके लिए सभी स्कूलों को पाठ्य समाग्री उपलब्ध करा दी गयी है

चोरों ने एक किसान के दस कट्ठा खेत में लगी प्याज की फसल उखाड़ ली इस संबंध में पीड़ित किसान ने स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करवायी है केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में पटना में पदस्थापित कार्यपालक अभियंता अमीरुल्लाह अंसारी को अपराधियों ने अनीसाबाद में गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया पुलिस ने बताया कि ठेकेदारी के विवाद में घटना को अंजाम दिया गया है जमुई जिले के नगर थाना क्षेत्र के पठान चौक के पास अपराधियों ने एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी निगरानी जांच ब्यूरो ने आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में समस्मीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर के पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी ईश्वर दयाल और उनकी पत्नी के खिलाफ पटना स्थित विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया है पटना सिविल कोर्ट परिसर में पेशी के लिए गये दो अपराधी पूलिस पर हमला कर फरार हो गये इनमें से एक प्रोफेसर पापिया घोष की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा अपराधी जबकि एक अन्य पांच करोड़ रूपये की सोना लूट के मामले का सजायाफ्ता था सीवान जिले की एक अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में दोषी त्रिभुवन पटेल को दस साल कठोर कारावास और पचास हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है

दरभंगा जिले के मनिगाछी थाना क्षेत्र अंतर्गत राजे टोल प्लाज के पास से पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक मिनी ट्रक से पचास कार्टन शराब के साथ चालक को गिरफ्तार कर लिया है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 हिन्दुस्तान ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह देते हुए लिखा है शराबबंदी मामलों की सुनवाई को चौहत्तर कोर्ट दैनिक जागरण ने लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून पर फिलहाल रोक लगाने से इंकार किया दैनिक भास्कर की सुर्खी है वाम दलों के आज बिहार बंद से सभी प्रमुख स्कूल भी बंद प्रभात खबर ने मौसम में आये बदलाव को प्रमुखता देते हुए लिखा है प्रदेश में सबसे ठंडा रहा पटना आज और राष्ट्रीय सहारा ने साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है